प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए कोविड केयर केन्द्रों में लगभग पच्चीस हजार बिस्तरों का इंतजाम किया जा रहा है अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी लॉकडाउन छूट रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश के कुछ जिलों में कल तीन अगस्त को लॉकडाउन के दौरान भी राखी और मिठाई की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है रायपुर जिले में कल सुबह छह से दस बजे तक राखी और मिठाई की दुकानें खोली जाएंगी जिला कलेक्टर एस भारतीदासन ने इस दौरान लोगों से मास्क लगाने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की है इसी तरह दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने भी जिले में सुबह छह से दस बजे तक राखी और मिठाई की दुकानें खोलने की अनुमति दी है वहीं बिलासपुर कोरबा सरगुजा और बस्तर जिलों में भी राखी और मिठाई की दुकानें कल सुबह कुछ समय के लिए खोली जाएंगी कोरोना मरीज प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नये मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है मिलाई के महापौर और विधायक देवेन्द्र यादव भी कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं इस बात की जानकारी स्वयं श्री यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है इस बीच दूर्ग जिले में बीती देर रात से आज शाम तक कोरोना संक्रमित बयालीस मरीजों की पहचान हई है इनमें बीएसएफ के तीन जवान भी शामिल हैं वहीं रायगढ़ शहर में आज कोरोना संक्रमण के सत्रह नये मामले सामने आए हैं इनमें एक ही परिवार के चार मरीज शामिल हैं जो हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर से यहां आए थे उधर कोंडागांव जिले में आज सीआरपीएफ के नौ जवान कोरोना पॉजीटिव पाए गए इन्हें स्थानीय कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं राजनांदगांव जिले में आज कोरोना संक्रमित एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई इसका इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था यह आरक्षक राजनांदगांव स्थित पुलिस लाइन में पदस्थ था इसी जिले में कल रात आईटीबीपी के अट्ठारह और बीएसएफ के एक जवान सहित पच्चीस कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी इसी तरह महासमुंद जिले में कोरोना संक्रमित सात नये मरीज मिले हैं इनमें महासमुंद से चार पिथौरा से दो और सरायपाली से एक मरीज शामिल है वहीं बलौदाबाजार जिले में दस नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है उधर नारायणपुर जिले में दुकानों से खरीदी करने निकले उनतालीस लोगों पर पुलिस ने मास्क नहीं पहनने के कारण कार्रवाई करते हुए उनसे सौ सौ रूपये का जुर्माना वसूल किया मुख्यमंत्री डॉक्टर बातचीत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एम्स रायपुर सहित प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों के डाक्टरों से चर्चा कर कोरोना संक्रमण के इलाज की व्यवस्था और अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ली मुख्यमंत्री ने अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टरों से चर्चा की और कोरोना से निपटने के लिए उनसे सुझाव भी लिए मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों के अनुभव और उनकी लगातार मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना का मुकाबला करने में डॉक्टरों और उनकी सहयोगी टीम का बहुत बड़ा योगदान है श्री बघेल ने कहा कि डॉक्टरों की विशेषज्ञता और समर्पण के कारण ही हम इस संक्रमण का बेहतर ढंग से मुकाबला कर पा रहे हैं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की मेडिकल टीम ने इस संकट के दौरान जो काम किया है वह प्रे देश के लिए उदाहरण है श्री बघेल ने बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी होम आईसोलेशन के दिशा निर्देशों के संबंध में भी डॉक्टरों से सुझाव मांगे चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि होम आईसोलेशन वाले मरीजों के मोबाइल फोन की लोकेशन से उनकी निगरानी करनी होगी ताकि उनकी वजह से किसी और को संक्रमण न होने पाए श्री बघेल ने यह भी कहा कि होम आईसोलेशन वाले मरीजों के पास थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर होना चाहिए इस मौके पर प्रदेश की स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह ने बताया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के जो जवान बाहर से आ रहे हैं उन्हें आईसोलेशन में रखा जा रहा है इसके लिए राजनांदगांव जिले के सोमनी में एक आईसोलेशन सेंटर सुरक्षा बलों को उपलब्ध कराया गया है अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने बताया कि सरगुजा क्षेत्र में कोरोना संबंधी जांच के लिए वायरोलॉजी लैब तैयार हो गई है वहीं सिम्स बिलासपुर के डॉक्टरों ने बताया कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने के लिए पीसीआर टेस्टिंग लैब तैयार हो गया है कोरोना जांच सुविधाएं प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों में बिस्तरों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है स्वास्थ्य विभाग ने लक्ष्य निर्धारित कर सभी जिलों में पर्याप्त बिस्तरों के इंतजाम के निर्देश दिए हैं कोरोना पीड़ितों की पहचान के लिए सैंपल जांच की संख्या भी बढ़ाई जा रही है इसके लिए आरटीपीसीआर और ट्र् नॉट विधि से जांच के साथ ही सभी जिलों में रैपिड एंटीजन किट से मी जांच की जा रही है वहीं प्रदेश के राजनांदगांव बिलासपुर और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेजों में भी आरटीपीसीआर जांच की अनुमति दे दी गई है इन तीन नए संस्थानों को मिलाकर अब प्रदेश में आरटीपीसीआर जांच केंद्रों की संख्या सात हो गई है गौरतलब है कि एम्स रायपुर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर के अलावा रायगढ़ और जगदलपुर के मेडिकल कॉलेजों में पहले से ही आरटीपीसीआर जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है वहीं बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में कल से सैंपल जांच शुरू हो गई है इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए कोविड केयर केन्द्रों में लगभग पच्चीस इजार बिस्तरों का इंतजाम किया जा रहा है वर्तमान में प्रदेश के एक सौ संतावन कोविड केयर केन्द्रों में लगभग उन्नीस हजार बिस्तरों की व्यवस्था है कोविड स्मार्टफोन केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि अस्पताल में भर्ती कोरोना रोगियों को स्मार्टफोन और टेबलेट अपने साथ रखने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत कर सकें इससे उन्हें मानसिक दबाव से उबरने में मदद मिलेगी हालांकि अस्पताल वार्ड में मोबाइल फोन की अनुमति है लेकिन कुछ रोगियों के परिजनों ने सरकार को लिखा था कि अस्पताल प्रशासन रोगियों को मोबाइल फोन की अनुमति नहीं दे रहा है इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के प्रधान सचियों को यह पत्र लिखा इसमें उन्होंने कहा है कि उपकरणों को संक्रमण मुक्त करने और रोगियों की परिजनों की बातचीत के लिए समय तय करने के बारे में अस्पताल प्रोटोकॉल बना सकते हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासनिक और चिकित्सा टीमों की जिम्मेदारी है कि ये कोविड उन्नीस वार्ड और आईसीयू में भर्ती रोगियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें

कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन को कारण इस बार रक्षाबंधन का पर्व घरों पर ही रहकर मनाया जाएगा राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के पवित्र स्नेह और प्रेम का प्रतीक है इससे पहले राज्यपाल कल राजधानी रायपुर में एक संस्था द्वारा आयोजित स्नेह बंधन त्योहार और संस्कृति स्वास्थ्य स्वरक्षा विषय पर आयोजित वेबीनार में शामिल हुई कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि इस बार रक्षाबंधन का पर्व कोरोना संक्रमण के समय आया है ऐसे में हम कोरोना से बचाव का संकल्प लें कोरोना योद्वाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग कोरोना पीड़ितों की मदद के अलावा आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं इस अवसर पर राज्यपाल ने आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं द्वारा गोबर और बांस से बनाई गई राखी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेजी प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि कोरोना काल में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी

इस मौके पर राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि श्री बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा वहीं मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राज्यपाल सुश्री उइके द्वारा रक्षाबंधन पर्व पर भेजी गई राखी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि सुश्री उइके ने राखी भेजकर जो विश्वास व्यक्त किया है वह उनके लिए अत्यंत प्रसन्नता और सम्मान का विषय है इस मौके पर श्री बघेल ने सुश्री उइके को परंपरा के अनुसार अपनी शुभकामनाओं के साथ उपहार भेजा है राज्यपाल वन मंत्री धन्यवाद राज्यपाल अनुसुईया उइके ने तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए वन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है राज्यपाल ने कहा है कि इन परिवारों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने उनके बच्चों की लंबित छात्रवृत्ति के साथ ही प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए जो कार्य किए गए हैं वह सराहनीय है गौरतलब है कि ईद के अवसर पर तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति की राशि उपहार स्वरूप दी गई है वहीं इन परिवारों के बच्चों को लंबित छात्रवृत्ति की राशि जारी की गई है साथ ही तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया की मौत या विकलांगता की स्थिति में उन्हें अनुदान देने का प्रावधान भी किया गया है विस सत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आगामी पच्चीस अगस्त से शुरू होगा अट्ठाईस अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल चार बैठकें होंगी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज सदन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए डॉक्टर महंत ने कहा कि सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा डॉक्टर महंत ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जो भी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं उसका पूरी तरह पालन किया जाए उन्होंने सत्र अवधि में सदन और परिसर को हर दिन सेनिटाईज करने के भी निर्देश दिए रविशंकर शुक्ल जयंती स्वाधीनता सेनानी और अविभाजित मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की आज जयंती है इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित शुक्ल को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान का स्मरण किया राज्यपाल ने कहा कि पंडित शुक्ल विद्वान चिंतक और विचारक थे उनकी दूरदर्शिता का लाभ मध्यप्रदेश सहित छत्तीसगढ़ को भी मिला वहीं मुख्यमंत्री ने पंडित शुक्ल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के साथ ही छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता और वकालत के माध्यम से जन जागरूकता का अभियान चलाया साथ ही पंडित शुक्ल ने जनसेवा के जरिये विकास की नई जमीन तैयार की मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित शुक्ल की सीख उन्हें भी हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी मौसम अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग के अनुसार इस समय एक द्रोणिका राजस्थान से बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है इसके प्रभाव से प्रदेश में अगले दो तीन दिनों तक वर्षा हो सकती है इस बीच बीते चौबीस घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई संक्षिप्त समाचार बिलासपुर जिले में पेण्ड्रा रोड के तराई गांव में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में दो कोटवारों को तहसीलदार ने निलंबित कर दिया है बीजापुर जिले में पुलिस ने भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के टिंटोड़ी गांव से एक माओवादी को गिरफ्तार किया है दुर्ग जिले की उतई पुलिस ने छियासठ लाख रूपये की ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है यह व्यक्ति खुद को बैंक का मैनेजर बनाकर लोन दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी किया करता था बीजापुर जिले के केतुलनार गांव में ग्राम पंचायत सचिव पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया राजनांदगांव जिले के बम्हनीमाठा और बागद्वार गांव में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिजली खंभे से अवैध तरीके से कनेक्शन लेकर पम्प चलाने वाले तेरह किसानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका पम्प कनेक्शन काट दिया है महासमुंद जिले के छिंदौली गांव में वन विभाग ने एक व्यक्ति के घर से सागौन के छह नग लट्डे पांच नग चिरान और एक नग हाथ आरा फ्रेम जब्त किया है रायगढ़ जिले के उरदला मोड़ पर कोयले से भरा एक ट्रक पलट जाने से उसमें दबकर मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई जांजगीर चांपा जिले के खुरघट्टी गांव में खेत में लगे पम्प में करंट आने से एक बच्चे की मौत हो गई राजनांदगांव जिले के साल्हेवारा पैलीमेटा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रही एक महिला झुलस गई कोरिया जिले के चिताझोर पोड़ी में कटहलपारा निवासी एक व्यक्ति जंगल में फुदू दूंढने गया था इसी दौरान भालू ने उस पर हमला कर दिया पत्नी द्वारा शोरशराबा करने के बाद भालू वहां से भाग गया घायल व्यक्ति को अंबिकापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है

महासमुंद जिले की कोमाखान पुलिस ने पांच क्विंटल गांजा के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जब्त गांजे की कीमत लगभग छब्बीस लाख रूपये बताई जा रही है धमतरी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने और लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है